मोहन लाल लाठर को अपराध शाखा का पुलिस महानिदेशक बनाया

मोहन लाल लाठर को अपराध शाखा का पुलिस महानिदेशक जबकि भगवान लाल सोनी को जेल महानिदेशक की जिम्मेदारी दी गयी है राजीव कुमार शर्मा को राजस्थान पूलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है वहीं सौरभ श्रीवास्तव अब अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था और प्रशासन होंगे कई महानिरीक्षक तथा उपमहानिरीक्षक भी बदले गये हैं भीलवाडा टोंक नागौर जैसलमेर चुरू दौसा बीकानेर कोटा ग्रामीण श्रीगंगानगर धौलपुर सिरोही झालावाड अलवर प्रतापगढ करौली बांसवाडा तथा जालोर में नये पुलिस अधीक्षक लगार्य गये हैं आईएएस अधिकारी प्रवीण गप्ता प्रदेश के नये मख्य निर्वाचन अधिकारी होंगे

कार्मिक विभाग ने तत्कालीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया है

श्रम विभाग के शासन सचिव डॉ नीरज के पवन ने आकाशवाणी को बताया कि लॉकडाउन के कारण बडी संख्या में मजदूर अपने गृह राज्य लौट गये ऐसे में सरकार द्वारा यह पोर्टल लॉच कर ऑनलाईन श्रमिक एम्प्लायमेंट एक्सेचेंज का एक मंच उपलब्ध कराया गया है इससे उद्योगों और रोजगार के इच्छ्क कृशल और अकृशल कामगार दोनो को फायदा हो रहा है

वर्तमान परिस्थितियों में मोदी जी के वहां जाने से सैनिकों को यह अहसास हो रहा है कि पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है

सीकर के लक्ष्मणगढ में रंगोली बनाकर और रैली निकालकर कोरोना से बचाव के उपायों का संदेश दिया गया दौसा में ग्राम पंचायत सूरजपुरा में मनरेगा श्रमिकों को प्रचार सामग्री वितरित की गई और कोरोना के बारे में सावचेत किया गया प्रतापगढ जिले में जिला परिषद में रंगोली कार्यक्रम और सैल्फी पोइन्ट का शुभारम्भ किया गया

एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हए यह निर्णय लिया गया है

कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है बीस मिनट का पत्रिका कार्यक्रम हर शनिवार को आकाशवाणी के एफ एम और अन्य मीटरों पर सुबह सात बजकर दस मिनट से सुना जा सकता है रविवार को इसका पुनः प्रसारण किया जाएगा

कार्येकम में साप्ताहभर की प्रमुख गतिविधियां संस्कृत साहित्य दर्शन इतिहास ज्ञान विज्ञान मानवीय मूल्य को प्रकट करने वाली सूक्तियां शामिल होंगे

उन्होने जैसलमेर से अन्य क्षेत्रों में पहुंचाए गए प्रवासी श्रमिकों से संबंधित फीडबेक लेने के निर्देश दिए और कहा कि इससे कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने में मदद मिलेगी

टिड्डी नियंत्रण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों पर टिड्डी नियंत्रण की विशेष जिम्मेदारी है क्योंकि इन जिलों में ही प्रभावी ढंग से टिड्डी नियंत्रण हो जाने की स्थिति में अन्य सभी क्षेत्रों को राहत मिल जाती है

इस बीच ब्रंदी जिले में आज सुबह कई स्थानों पर बारिश हुई झालावाड जिले में भी कल विभिन्न क्षेत्रों में बरसात हुई मौसम विभाग ने आज बीकानेर जैसलमेर श्रीगंगानगर नागौर तथा चुरू में लू चलने तथा कोटा बारां और झालावाड में कहीं कहीं भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है इस बीच कल राज्य में राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर भूकंप के झटके महसूस किये गये